पचास प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स

राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के दो हजार सात सौ अट्ठत्तर नये रोगी मिले और इसके ज्यादा तीन हजार सात सौ छत्तीस मरीज हुए स्वस्थ

उन्होंने कोरोना से बचाव और उपचार के प्रबन्धों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ वाराणसी मेरठ और मथुरा के जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर कोरोना नियंत्रण में उनका मार्गदर्शन करें मुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई केजीएमयू और आरएमएल अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढ़िलाई न बरती जाये इस मूल मंत्र से ही भविष्य में भी कोरोना से जंग जारी रहेगी मुख्यमंत्री ने आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं और लडकियों के साथ हो रहे अपराध से संबंधित मामलों पर तुरन्त और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं आगरा चित्रकूट और प्रतापगढ जिलों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों को स्वय घटनास्थल पर जाकर तुरन्त जांच संबंधी कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में कड़ी कार्रवाई के लिए संबंधित अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिक बच्चों के साथ हुए अपराधों को पास्को कोर्ट में अमियोजित कराया जाये उन्होंने कहा कि अमियोजन पक्ष से प्रमावी पैरवी कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाये देश में आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल जायेंगे लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटरों सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्यात्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स लगभग आठ महीने के अंतराल के बाद संचालन फिर से शुरू करने जा रहे हैं

समी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम छह फीट की प्राप्त शारीरिक दूरी फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कडाई से पालन किया जाना जरूरी होगा थ्रकने पर रोक रहेगी समी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं लोगों को परिसर में अनुमति होगी जिनमें बिमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे समी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सेनेटाइज करने की व्यवस्था होगी मध्यान्तर के दौरान सामान्य क्षेत्रों लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे इसके अलावा सिनेमाघरों थियेटर और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के बाद साफ किया जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न सह उत्पादों का सौ प्रतिशत उपयोग करते हुए फ्लाई एश की आपूर्ति के लिए सीमेंट विनिर्माताओं के साथ समन्वय किया है एनटीपीसी भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के जरिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई एश का परिवहन कर रहा है उर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सीमेंट विनिर्माताओं को कंडीशंड फ्लाई एश भेजने वाला पहला उर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का एनटीपीसी रिहंद है

एनटीपीसी प्रत्येक वर्ष लगभग छह करोड पचास लाख मिलियन टन एश का उत्पादन करता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात कार्यक्रम की सत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है

प्रमुख उम्मीदवारों में बसपा के फुरकान ने अमरोहा कांग्रेस के सुशील चौधरी ने बुलन्दशहर सीट के लिए कल अपना नामांकन दाखिल कराया कांग्रेस की स्नेहलता और बसपा के संजीव कुमार ने फिरोजाबाद सीट पर अपना नामांकन कराया है जौनपुर की मल्हनी सीट पर जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कराये उनमें समाजवादी पार्टी के लकी यादव और कांग्रेस के सतीश चन्द्र उपाध्याय शामिल हैं

कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है

समाज के विमिन्न वर्गो से लोग इस अभियान में जुड़कर लोगों से मॉस्क पहनने दो गज की दूरी का पालन करने हाथों को साबुन या सेनिटाइजर से बार बार साफ करने की अपील कर रहे हैं इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार की विमिन्न मीडिया इकाइयों आकाशवाणी दूरदर्शन पीआबी प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो सहित अन्य विभागों द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया

केन्द्र सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गो और एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं भारी उद्योग विभाग ने चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकारी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं मुंबई पुणे अहमदाबद वड़ोदरा दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रसे वे बेंगलुरु मैसूर बेंगलुरु वेन्नई सूरत मुंबई आगरा लखनऊ ईस्टर्न पेरिफेरल और हैदराबाद ओआरआर एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है